निर्भया याचिका खारिज निर्भया दुष्कर्म मामले में दो दोषियों मुकेश सिंह और विनय कुमार की ओर से दायर की गई क्यूरेटिव याचिका को उच्चतम न्यायालय ने आज खारिज कर दिया न्यायमूर्ति एन वी रमणा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने यह फैसला दिया इसके साथ ही इस मामले में चारों मुजरिमों को फांसी दिये जाने का रास्ता साफ हो गया है

इस अवसर पर देश के साथ साथ प्रदेश में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इंदौर के दषहरा मैदान में कल से इस अवसर पर आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान थल सेना के सैन्य शस्त्रों और उपकरणों टैंक गन्स बीएमपी व्हीकल एम्बुलेंस माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट रॉकेट लॉन्चर एटीजीएम लॉन्चर का भी प्रदर्षन किया जाएगा इस प्रदर्षनी का अवलोकन आम नागरिक भी कर सकेंगे

हमारे खंडवा संवाददाता हीरालाल लोंगरे ने यहा से चयनित पलक आहूजा उनके पिता और स्कूल की प्राचार्य से बात की

एस्पायर वास्तव में फ्यूचर अपोर्च्निटी पोर्टल है इसमें राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के सभी कॉलेज की फीस विषय प्रवेश की प्रक्रिया आदि की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी इस पोर्टल पर विद्यार्थी स्वयं अपने लॉग इन से अपनी रुचि से विषयों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे चिकित्सा नीति चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ विजयलक्ष्मी साधौ ने कहा है कि प्रदेश के द्रस्थ ग्रामीण अंचलों में अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने के लिये राज्य सरकार शीघ्र ही नई स्वास्थ्य नीति लागू करेगी इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर डॉक्टर्स को ग्रामीण अंचलों में सेवाएँ देना अनिवार्य किया जाएगा डॉ साधौ सागर में बुंदेलखण्ड मेडिकल कॉलेज की स्वशासी समिति की बैठक को संबोधित कर रही थीं मंत्री डॉ साधौ ने बताया कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में डीएम और एमसीएच की सीटें बढ़ाने पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है

हालांकि कल भी कई जगहों पर यह पर्व मनाया जायेगा यह त्यौहार अच्छी फसल खुशहाली और सौभाग्य प्रदान करने के लिए प्रकृति के प्रति आभार के तौर पर भी मनाया जाता है नरसिंहपुर् से हमारे संवाददाता ने बताया है मकर संकांति पर लगने वाला बरमान मेला भी शुरू हो गया है उधर आगरमालवा जिले में भी आज यह पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है अशोकनगर जिले में कल कई स्थानों पर मेलों का आयोजन किया जायेगा खंडवा होशंगाबाद मंडला झाबुआ सहित सभी जिलों में आज श्रद्वालुओं ने नदियों में स्नान किया भाजपा आरोप भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने एमपी पीसएसी की परीक्षा में पूछे गये विवादित प्रश्न को लेकर आज खंडवा में प्रदेश सरकार से माफी की मांग की है श्री झा ने कहा कि देश में भील जाती का गौरवशाली इतिहास रहा है यह जनजातीय ना केवल मध्यप्रदेश में बल्कि पूरे प्रदेश में व्याप्त है परीक्षा में पूछे गये सवाल से जनजातीय महापुरूषों का अपमान हुआ है उधर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिये हैं

वहीं महाराष्ट्र अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत पदक तालिका में सबसे ऊपर है

मौसम प्रदेश में ठंड का दौर जारी है

आज सुबह से ही राजधानी भोपाल इंदौर उज्जैन और ग्वालियर तथा चम्बल संभागों में कोहरा छाया रहा

विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहों में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात पुलिस ने विद्यार्थियों को यातायात के नियम बताकर जागरूक किया

हरदा जिले में भुआणा उत्सव का शुभारंभ हुआ उत्सव में जिले की सांस्कृतिक संपदा और ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानकारी दी गई खरगोन जिले में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो निर्वाचक नामावली के विषेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में कल तक नाम जोड़े जायेंगे श्योपुर जिले में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत किसान ऋण माफी का आवेदन कल से कर सकेंगे